प्रदेश के नगर निकायों में मिलाए गए नए क्षेत्रों को दस वर्षो तक कोई टैक्स नही देना पड़ेगा अगले चार से पांच दिनों में राज्य के अनेक स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना

और केन्द्र ने शहरी गरीबों के लिए और तीन लाख बीस हजार से अधिक किफायती आवास के निर्माण की मंजूरी दी

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मददेनजर दो हजार पर्यावरण मित्र और अन्य लोगों को रखने का लक्ष्य रखा गया है

इससे नए क्षेत्रों के विकास में गति मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहीम छेड़ी है फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई की गई

उन्होंने कहा कि कानून के मामले उत्तराखंड देश का दूसरा सबसे बेहतर राज्य है कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस बार गैरसैंण में आयोजित हुए विधानसभा के बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताया है देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री रावत ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह से सर्वसमावेशी बेजट है और यह बजट राज्य के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करेगा उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा तय करने में वित्त सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता हैं श्री रावत ने बताया कि इस बार के बजट में राज्य के युवाओं सैनिकों किसानों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई

आयकरदाताओं को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है

निरीक्षण चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं गढवाल आयुक्त दिलीप जावलकर ने आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर रूद्रप्रयाग गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने केदारनाथ के कपाट ख्लने से पहले यात्रा मार्ग को आवाजाही के लिए पूरी तरह व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए उन्होंने यात्रा से जुडे सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे हर हाल में यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें ऑलवेदर रोड़ निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए श्री जावलकर ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है अनुभव साझा भारत के जलपुरुष के नाम से विख्यात जल संरक्षणवादी डॉ राजेन्द्र सिंह ने देहरादन स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए श्री सिंह ने बताया कि किस प्रकार स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने राजस्थान की अनेक सूख च्की नदियों को पुनर्जीवित किया

इन जल च्रोतों जोहड़ों नदियों झीलों आदि के द्वारा आज न केवल बंजर और सुखी धरती के पानी की प्रतिपूर्ति हुई है बल्कि इनके पानी से खेती और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा रही है नए अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए श्री राजेन्द्र ने कहा कि वे जहां भी रहें प्रकृति और मानव का हमेशा सम्मान करें स्वच्छता रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने स्वच्छता की ओर एक और कदम उठाते हुए चन्द्रापुरी से सोनप्रयाग तक कूडा उठाने के लिए चार कूडा वाहन संचालित करने का निर्णय लिया है ये वाहन नियमित रूप से कूडा एकत्रित कर एक जगह पर रखेंगे यहां से जैविक ओर अजैविक कूडे को अलग अलग कर निस्तारित किया जाएगा इस काम के लिए मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है मौसम आगामी दिनों में राज्य के तापमान में असाधारण वृद्धि होनें की संभावना है

तापमान में असमान्य वृद्धि होने की संभावना के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में वनाग्नि की संभावना भी हो सकती है इसके मददेनजर मौसम विभाग ने राज्य सरकार को स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखने की सलाह दी है

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की कल शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में इन आवासों को बनाने की मंजूरी दी गई आश्वसत केंद्र सरकार बिना ओवर ड्राफ्ट लिए अपने सभी खर्चों को पूरा करने के प्रति आश्वस्त है आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रस्तावित उधारी पिछले वर्ष की इसी अवधि में ली गई राशि की तुलना में कम है

यह केन्द्रीय बजट में कुल अनुमानित छह लाख पांच हजार करोड़ रुपये का सैंतालीस दशमलव पांच छह प्रतिशत है श्री गर्ग ने कहा कि सरकार जल्दी ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित मुद्रा स्फीति बॉन्ड लायेगी उन्होंने यह भी कहा कि एक से चार वर्ष अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां भी लायी जाएंगी पंचेश्वर बांध पिथौरागढ़ में काली और सरयू नदी के संगम पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके निर्माण से पांच हजार चालीस मेगावाट बिजली का उत्पादन होना हैं इस बांध के बनने से होने वाले प्रभावितों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने पिथौरागढ़ चम्पावत और नेपाल के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सुझाव मांगे हैं ज्यादातर लोग बांध निर्माण के पक्ष में हैं

क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए कई स्तर की बैठकें हो चुकी हैं शासन द्वारा जनता को आश्वस्त किया गया है कि ड्रब क्षेत्र के लोंगो की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें विस्थापित किया जायेगा और नुकसान का उचित मुआवजा दिया जायेगा शिक्षा हरिद्वार में घुमन्तु एवं कूड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले के सीसीआर प्रांगण में निःशुल्क ट्रेनिंग सेण्टर संचालित किया जा रहा हैं जिलाधिकारी ने आज यहां पहंकर शिक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने बच्चों का आईक्यू टेस्ट भी लिया तथा बच्चों की बौद्धिक क्षमता की सराहना की जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों को साक्षर किया जा रहा है ताकि ये बच्चें शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें

ये बच्चे घुमन्तु परिवारों के बच्चे हैं इन बच्चों के अभिभावक हरिद्वार में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों के दौरान फूल व अन्य सामग्री बेचने के लिए आते हैं

मेले में ग्राम स्तर पर कौशल पंजिका में दर्ज ग्रामीण बेराजगार युवक युवतियों प्रतिभाग कर सकते हैं इस दौरान कौशल पंजिका में अपंजीकृत युवाओं के ऑनलाईन पंजीकरण भी किये जाएंगे वहीं किसान मेले के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने नयी और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए मेले के दौरान स्थानीय लोक संस्कृति से संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं नुक्कड़ नाटक कृषि से संबंधित क्विज प्रतियोगिता और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को चैक भी वितरित किए जाएगे